तैंतीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भागलपुर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

न्याय में देरी को समाप्त करना न्याय को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है मध्यप्रदेश के जबलपुर में आज अखिल भारतीय न्यायिक अकादमी निदेशकों के समारोह को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रपति ने यह बात कही श्री कोविंद ने कहा कि न्यायिक और अर्दध न्यायिक पदों पर बैठे अधिकारियों को विशेषकर जिला अदालतों में मामलों के तेजी से निपटारे के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए

उसमें प्रवेश से पहले सैद्धांतिक ज्ञान रखने वाले लार्ज स्टूडेंट्स को कुशल एवं उत्कृष्ट न्यायाधीश के रूप में प्रशिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य हमारी न्यायिक अकादमियां कर रही हैं अब जरूरत है कि देश की अदालतों विशेष रूप से जिला अदालतों में लंबित मुकदमों को शीघ्रता से निपटाने के लिए न्यायाधीशों के साथ ही अन्य ज्यूडिशियल एवं क्वासी ज्यूडिशियल अधिकारियों के प्रशिक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाए उच्चतम न्यायालय में पन्द्रह मार्च से मुकदमों की सुनवाई प्रत्यक्ष और वर्च्रअल दोनों तरीके से शुरू हो जाएगी इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है शीर्ष न्यायालय ने कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए अदालतों में कामकाज के बारे में कई दिशा निर्देश जारी किए हैं इसमें बार एसोसिएशनों के सुझावों को भी शामिल किया गया है न्यायालय ने मामलों की सुनवाई प्रत्यक्ष और वर्चुअल तरीके से करने के लिए प्रायोगिक आधार पर एक पायलट योजना तैयार की है इसके अनुसार मंगलवार बुधवार और ब्रहस्पतिवार को अंतिम तथा नियमित सुनवाई के लिए मुकदमों को सूचीबद्ध किया गया है मामलों की सुनवाई पक्षकारों की संख्या और न्यायालय में उपलब्ध कमरों के आधार पर प्रत्यक्ष तथा वर्चुअल दोनों तरीके से की जाएगी प्रदेश में अब तक सात लाख पचहत्तर हजार अस्सी लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये गये हैं इनमें से छह लाख सत्रह हजार दो सौ सतहत्तर लोगों को टीके की पहली खुराक जबकि एक लाख संतावन हजार आठ सौ तीन लोगों को दूसरी खुराक दी गयी है कल बत्तीस हजार पांच सौ बासठ लोगों को टीके लगाये गये स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गंभीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है इधर वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर रोग से ग्रस्त पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण का काम भी जारी है लोग टीके लेने के लिए कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर या आरोग्य सेतु एप पर अपना निबंधन करवा सकते हैं इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी निबंधन की सुविधा उपलब्ध है आठ मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक महिलाओं के टीकाकरण के लिए प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जायेगा स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी सिविल सर्जन को निर्देश जारी किया है वरिष्ठ महिलाओं और गंभीर रोग से ग्रस्त पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को इसके अन्तर्गत टीका दिया जायेगा उन्हें टीकाकरण केन्द्रों तक लाने के लिए विशेष व्यवस्था की जायेगी स्वास्थ्य विभाग ने इस काम में जीविका दीदी आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका की मदद लेने को कहा है टीकाकरण केन्द्रों पर महिला चिकित्सकों की तैनाती के भी निर्देश दिये गये हैं देश में पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के परिजनों को कोविड के टीके लगाने का काम अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है टीकाकरण की यह सुविधा सेना के अस्पतालों में उपलब्ध होगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है सेना के सूत्रों ने बताया कि टीकाकरण से पहले चिकित्सा सुविधा केंद्रों का कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया जाएगा और इसके बाद टीके लगाने का काम शुरू किया जाएगा इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश एक दो दिन में जारी कर दिए जाएंगे आकाशवाणी से बातचीत में पटना एम्स के हृदय रोग विभाग के प्रमुख और अस्पताल के कोविड मामलों के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि यह टीका कोरोना की आशंका वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा

कोविड से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो आठ प्रतिशत हो गयी है कल चौवालीस मरीजों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख साठ हजार आठ सौ इक्कीस हो गयी है वर्तमान में तीन सौ चालीस मरीजों का उपचार चल रहा है वहीं पिछले चौबीस घंटे में चौदह जिलों से अड़तीस नये मामलों की भी पुष्टि हुई है सबसे अधिक पन्द्रह नये मामले पटना से सामने आये हैं केन्द्रीय पश्पालन मत्स्य और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ साथ आय में बढ़ोतरी के लिए व्यावसायिक खेती भी अपनाने को कहा है श्री सिंह ने आज बेगूसराय के खोदावंदपुर स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र में एक कार्यक्रम में कहा कि कृषि के अलावा पशुपालन मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग से जुड़कर किसान अच्छी आमदनी कर सकते हैं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बैंकों से आत्मनिर्भर बिहार बनाने में सरकार का हर प्रकार से सहयोग करने की अपील की है आज राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित करते हुये श्री प्रसाद ने बैंकों से उद्योग पश्रपालन डेयरी और मछली पालन के क्षेत्र में ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद को कहा जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि पिछले साल हुई बाढ़ से भीषण तबाही को देखते हुए तटबंधों की सुरक्षा और निगरानी के लिए और पुख्ता इंतजाम किये जायेंगे पटना में आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए जनभागीदारी बढ़ायी जायेगी श्री झा ने कहा कि बांध के क्षतिग्रस्त होने और लीकेज के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ गठन करने के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं

प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक में ब्रथ लेवल पर पार्टी संगठन को मजबूत करने पर आज चर्चा की गयी इसमें बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद नित्यानंद राय उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित कई वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं इधर जनता दल यूनाईटेड के पार्टी पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की अध्यक्षता में शुरू हुआ इसमें जदूय के दो सौ तैंतालीस विधानसभा क्षेत्र प्रभारी भाग ले रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक एन वेण्धर रेड्डी ने आज चेन्नई में कहा कि समय के साथ समाचारों के बारे में लोगों की रूचि भी बदली है श्री रेड्डी ने कहा कि आकाशवाणी ने श्रोताओं की पसंद के समाचार उपलब्ध कराने के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाई है पूर्व मध्य रेलवे द्वारा विभिन्न रेलखंडों पर आठ मार्च से मेमू पैसेंजर स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू होगा इसके अन्तर्गत पटना बक्सर मुगलसराय राजगीर दानापुर गया सोनपुर छपरा बरौनी और सहरसा स्टेशनों के बीच मेमू स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जायेगा सेना बहाली में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने आज से एक जोड़ी विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है यह ट्रेन पटना से कटिहार के बीच आज से ग्यारह मार्च तक प्रति दिन चलायी जायेगी पहली ट्रेन को कटिहार स्टेशन से आज शाम सात बजे रवाना किया गया वापसी में यह ट्रेन पटना से कल सुबह पांच बजे खुलेगी समस्तीपूर रेल मंडल के रोसड़ा नयानगर स्टेशन के बीच ट्रेनों की आवाजाही दोपहर एक बजे शुरू हो गयी गौरतलब है कि आज सुबह रोसड़ा और नयानगर स्टेशन बखरीढ़ाला के पास एक जेसीबी की टक्कर कटिहार के मनिहारी जा रही जानकी एक्सप्रेस ट्रेन से हो गयी थी इस हादसे में ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया हादसे के कारण सुबह पांच बजे से दोपहर एक बजे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा रेलवे ने दानापुर मंडल के सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट का शुल्क दस रुपये से बढ़ाकर पचास रूपये कर दिया है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यह एक अस्थाई व्यवस्था है और स्टेशनों में अनावश्यक भीड़ को कम करने तथा यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान में सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस से अधिक की बढ़ोतरी हुई है मौसम वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि आने वाले समय में पूर्वा हवा के प्रवाह बढ़ने से गर्मी में बढ़ोतरी होगी

वहीं पटना का अधिकतम तापमान इकतीस दशमलव चार गया का बत्तीस दशमलव तीन और पूर्णियां का तीस दमशलव एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया राज्य सरकार ने चार आईएएस अधिकारियों और सत्रह बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला कर दिया है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है जारी अधिसूचना के अनुसार कला और संस्कृति विभाग के अपर सचिव अनिमेष कुमार पराशर को राज्य स्वास्थ्य समिति का अपर कार्यपालक निदेशक बनाया गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क गोल्डेन कार्ड बनाने की समय सीमा इकतीस मार्च तक बढ़ा दी गयी है पहले यह समय सीमा तीन मार्च तक निर्धारित थी भागलपुर जिले के बिहपुर थाना क्षेत्र के वर्मा गांव में एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल सवार दो अपराधी हथियार के बल पर लगभग चार लाख रुपए लूटकर फरार हो गये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है शेखपुरा जिले के चेवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने तीन ट्रकों पर तस्करी के लिए ले जाये जा रहे सौ से अधिक पशु बरामद किये हैं बांका जिले के धौरया थाना क्षेत्र के कुर्मा गांव में मकान का छज्जा गिरने से पिता पुत्र की दबकर मौत हो गयी खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परमानंदपुर ढाला के पास से उत्पाद विभाग की टीम ने एक पिकअप वैन से पचहत्तर कार्टन विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है

तैंतीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भागलपुर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा